नगरीय निकाय चुनाव राज्य में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है इसी के साथ प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है नगर निगमों नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में इक्कीस दिसंबर को मतदान होगा और चौबीस दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने आज रायपुर में एक पत्रकारवार्ता में बताया कि चुनाव के लिए अधिसूचना तीस नवंबर को जारी होगी और इसी के साथ नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नामांकन भरने की अंतिम तारीख छह दिसंबर है सात दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी वहीं नौ दिसंबर को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं इसी दिन उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा और उन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा नामांकन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता बरतने के लिए इस बार आयोग ने प्रत्याशियों के ऑनलाइन नामांकन भरने की व्यवस्था की है राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि तीस नवंबर को मतदान केन्द्रों की सूची प्रकाशित की जाएगी आयोग ने पहली बार ऑनलाइन वोटर लिस्ट तैयार की है प्रदेश में कुल एक सौ इंक्यावन नगरीय निकाय हैं जिनमें दस नगर निगम अड़तीस नगर पालिका और एक सौ तीन नगर पंचायतें शामिल हैं मुख्यमंत्री धान खरीदी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में घोषणा की है कि फिलहाल किसानों से अट्ठारह सौ पंद्रह रूपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी किसानों से चुनाव के समय किए गए वादे के अनुरूप ढाई हजार रूपये प्रति क्विंटल पर खरीदी कैसे की जाए और किसानों को केन्द्र द्वारा तय किए गए समर्थन मूल्य से अधिक दर किस तरह से दी जाए इसके लिए मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने की घोषणा की है इस समिति में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे वन मंत्री मोहम्मद अकबर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को मिलाकर पांच मंत्री होंगे

इससे पहले आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्षी सदस्यों ने धान खरीदी के मुद्दे को लेकर सदन में काफी हंगामा किया विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के जरिये चर्चा कराने की विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को ग्राहय कर सदन में आज इस मुद्दे पर चर्चा कराई मांग की जिसमें पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्यों ने भाग लिया विपक्षी सदस्यों का आरोप था कि सरकार चुनाव के समय किए गए अपने वादे से मुकर रही है उनका कहना था कि प्रदेश में धान की कटाई ज्यादातर पूरी हो गई है और अब तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू नहीं होने से किसान परेशान हैं विस सत्र इससे पहले राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है छह दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान सदन की कुल दस बैठकें होंगी आज सदन की कार्रवाई की शुरूआत में राष्ट्रगान वंदे मातरम् के साथ ही हाल ही में घोषित राज्य गीत अरपा पइरी के धार भी बजाया गया शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज देश और प्रदेश की छह दिवंगत विभूतियों को विनम्र श्रद्दांजलि अर्पित की गई इनमें पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर कैलाश जोशी अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य मालूराम सिंघानिया और कोरबा के पूर्व सांसद डॉक्टर बंशीलाल महतो शामिल थे इन विभूतियों के सम्मान में सदन में दो मिनट का मौन रखा गया कल सदन में अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी अनुसुईया उइके राज्यपाल सम्मेलन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा सड़क और बिजली की सुविधाओं के लिए अलग बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में सरगुजा और बस्तर में आदिवासी विश्वविद्यालय खोले जाने का भी आग्रह किया राज्यपाल ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को माओवाद की समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया सुश्री उइके ने पांचवीं अनुसूची क्षेत्र पेसा कानून को जल्द लागू करने का भी आग्रह किया लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की पांचवीं कड़ी का प्रसारण आगामी आठ दिसम्बर को होगा लोकवाणी में इस बार का विषय आदिवासी विकास हमारी आस रखा गया है

इस प्रणाली के माध्यम से कॉलोनियों के लिए भू व्यपवर्तन प्रमाण पत्र अनुमोदित अभिन्यास और कॉलोनी विकास की अनुज्ञा एक ही खिड़की से निर्धारित समय सीमा में मिलेगी एक दिसम्बर से इस प्रणाली का परीक्षण किया जाएगा और पंद्रह दिसम्बर से इसमें आवेदन किए जा सकेंगे आवास और पर्यावरण विभाग द्वारा विकसित इस प्रणाली में सभी दस्तावेज जमा होने के बाद सौ से एक सौ चालीस दिनों के भीतर विकास अनुज्ञा जारी हो जाएगी विभिन्न विभागों द्वारा कॉलोनी विकास के लिए आवश्यक अनापत्तियां भी एकल खिड़की पर प्राप्त की जा सकती है इसके अलावा आवेदक अब अपने आवेदन की ताजा स्थिति मोबाइल में एसएमएस के माध्यम से भी प्राप्त कर सकेंगे संविधान दिवस देशभर में कल छब्बीस नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जायेगा भारतीय संविधान को कल ही के दिन वर्ष उन्नीस सौ उनचास को अंगीकृत किया गया था

सभी शैक्षणिक संस्थाओं और शासकीय कार्यालयों में भारतीय संविधान की उद्देशिका को पढ़ा जाएगा इसके अलावा छात्रों में संविधान तथा मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता के लिए निबंध लेखन वाद विवाद प्रतियोगिता और व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे वहीं रिपब्लिकन पार्टी खोरिपा द्वारा राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर माल्यार्पण और ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है इस मौके पर भारतीय संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदानों को याद करने के साथ ही उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की जाएगी अंतागढ़ टेपकांड अंतागढ़ टेपकांड मामले में अभियुक्त बनाए गए डॉक्टर पुनीत गुप्ता मंतूराम पवार अजीत जोगी और अमित जोगी के वॉयस सैंपल लिए जाने का एसआईटी का आवेदन रायपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया था इस मामले में राज्य शासन द्वारा दायर की गई रिवीजन पिटीशन पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने तीन हफ्ते में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है न्यायमूर्ति शरद गुप्ता की अदालत में पेश रिवीजन पिटीशन में राज्य शासन ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वे अभियुक्तों को वॉयस सैंपल के लिए आदेश दें सरगुजा ग्रामीण झुलसे सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में बोर सुधार कार्य में लगे पांच ग्रामीण बिजली तार की चपेट में आने से झुलस गए हैं इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा आज मंगारी जूनापारा गांव में उस वक्त हुआ जब पांच ग्रामीण बोर से केसिंग पाइप निकाल रहे थे इसी दौरान पाइप खेत के ऊपर से जा रहे बिजली तार से टकरा गया करंट लगने से घायल हुए सभी ग्रामीणों को तत्काल बतौली स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर अस्पताल रिफर किया गया है एटीएम कार्ड क्लोनिंग कोरबा जिले में एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर लाखों रूपये की ठगी करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया है इनमें सीबीआई मुख्यालय रांची में पदस्थ आरक्षक भी शामिल हैं यह मामला बीते अगस्त महीने का है कटघोरा के एसबीआई बैंक के एटीएम में पैसा निकालने गए दो व्यक्ति इस ठगी का शिकार हुए थे इस दौरान एटीएम में खड़े दो व्यक्तियों ने उनसे एटीएम कार्ड देखने के नाम पर मांगा और फिर उन्हें वापस भी कर दिया इसके दूसरे ही दिन दोनों के खाते से करीब डेढ़ लाख रूपये निकाल लिए गए पकड़े गए आरोपियों के पास से आठ मोबाइल और करीब साढ़े पांच हजार रुपए नगद जब्त किए गए हैं इन आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है

पिछले नौ दिनों में जिले में सत्तर प्रकरण बनाए गए हैं इस दौरान करीब साढ़े सत्रह हजार क्विंटल धान के साथ दस वाहनों को जब्त किया गया है